जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लोगों के सी विजिल एप्प बारे जानकारी भी दी

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मौजूदा स्थिति में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिये दस प्रतिशत आरक्षण का मुददा संविधान पीठी को भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है

वह इस बात पर विचार करेगी कि इस मामलों को संविधान पीठ को सौंपे जाने की आवश्यक्ता है या नहीं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम प्रस्कार प्रदान किये आज के समारोह में मल्यालम अभिनेता मोहन लाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोवर्धन सिसको के प्रम्ख जोन चेंबर्स सांसद ह्क्म देव नारायण यादव करिया मुंडा और स्खदेव सिंह सा तथा दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को पदम भूषण से अलंकृत किया इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोण्वल्ली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथी देवी तथा म्क्तावेन डगली अभिनेता प्रभ्देवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्राशसनिक अधिकारी एस जयशंकर किसान बाबू लाल दहिया तथा राजक्मारी देवी प्रात्त्ववेता दिलील चक्रवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मामेन चांडी को प्रदम श्री प्रस्कार प्रदान किया गया

पाकिस्तान के एक पीडित परिवार की ओर से लगाई गई अर्जी में फैसले से पहले क्छ लोगों की गवाही कराने की अपील की गई है

आज विश्व ग्लूकोमा दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन का मुख्य उददेश्य काला मोतिया से होने वाली अंध्ञ्न को खत्म करने के लिये लोगों को आंखों की नियमित जांच के लिये प्रेरित करना है काला मोतिया विश्व भर में अंधत्व का दूसरा आम कारण है विश्व स्वासथ्य संगठन का अन्मान है कि विश्व के साढ़े चार मिलियन लोगों को ग्लूकोमा से अंधत्व है हरियाणा प्लिस अकादमी मध्बन के प्रशिक्षक ओम प्रकाश को सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी ने हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक च्ना है साथ ही उन्हें लिंग संवेदी प्रशिक्षक के रूप में भी प्रमाणित किया गया उप निरीक्षक ओम प्रकाश को उनकी इस उपलब्धि के लिये राष्ट्रीय प्लिस अकादमी दवारा सम्मानित किया गया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में करनाल से उपनिरीक्षक सुनीता देवी और आईआरबी के उप निरीक्षक श्याम लाल भी भाग लिया लोकसभा च्नाव की घोषणा के बाद हरियाणा के विभिन्न जिलों में च्नाव सरगमियां तेज़ हो गई है लगभग सभी जिलों के निर्वाचत अधिकारियों ने लोगो को सी विजिल एप्प के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है फरीदाबाद में आज जिला निर्वाचन अधिकारी अत्ल कुमार दविवेदी ने मीडिया को सी विजिल एप्प बारे बताया और कहा कि शिकायत दर्ज होने के सौ मिनट के भीतर सम्बधित सहायक रिर्टानिंग अधिकारी को इसका निपटारा करना होगा

अम्बाला मे भी निर्वाचन अधिकारी शरण दीप कौर बराड़ ने सी विजिल एप्प के बारे में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और कहा कि किसी भी सूरत मे आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा नारनौल में जिला निर्वाचन अधिकारी डा गरिमा मित्तल ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि अबर कोई दल या एजेंट चाहे तो वह आकर वी वी पैट पर प्रशिक्षण ले सकता है फतेहाबाद मे एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खडगटा ने वी वी पैट से मतदान का डेमो दिया और मीडिया कर्मियों से वोट डलवाकर वी वी पैट का कार्यविधि की जानकारी दी

य्वा शक्ति संगठन ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर य्वाओं को मतदान के लिये प्रेरित किया

च्नाव आयोग ने रमज़ान के पवित्र महीने के साथ लोकसभा च्नावों के कार्यक्रम से स्मबधित अरोपों को खारिज़ कर दिया है आयोग ने कहा कि रमज़ान के दौरान के पूरे महीनें को मतदान से नहीं छोड़ा जा सकता

लोकसभा च्नाव के क्छ चरण मई मे श्रू हो रहे है

इसी बीच भाजपा ने लोकसभा च्नाव की तारीखों केा सामप्रादियक कोण देने के लिये विपक्षी दलों की आलोचना की है आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सममेलन को सम्बोधित करते हये पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि च्नाव के दौरान होली और नवरात्र का त्यौहार भी होगा उन्होंने कहा कि कांगेस पार्टी ने संस्थानों को कमज़ोर करने का काम किया है हरियाणा में आज कई स्थानो पर हल्की बारिश ह्ई मौसम विभाग ने परसो भी प्रदेश मे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है

विभाग दवारा जारी आंकड़ो के अन्सार दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया जबकि रात के तापमान में बृद्वि दर्ज की गई है यम्नानगर से हमारे संवाददाता के अन्सार आज दोपहर से ही जिले के कई इलाकों में रूक रूक कर तेज़ बारिश हो रही है दोपहर के समय जगाधरी ब्र्डिया यम्नागर इलाके मे तेज़ हवा चली और क्छ मिनट के लिये हलके ओले पड़े संवाददाता के अन्सार खराब मौसम ने किसानों की गेहं व सरसों की फसल को लेकर चिंता बाा दी है

वहीं कृषि डा राकेश कुमार का कहना है कि तेज़ी से पक रही गेहं और सरसों की फसल के लिये इस बारिश न्कसान दायक है हरियाणा सहकारी विपणन संघ अर्थात हैफेड के नवनिय्क्त अध्यक्ष सृभाष कन्याल ने आज पलवल में अपना कार्यभार संभाल लिया इससे पहले केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्जर ने उनके कार्यालय का उदघाटन किया

टीम के साथ विभागीय कर्मी व स्थानीय प्लिस भी थी टीम द्वारा प्रतिबंधित दवाओं प्रयोग की अवधि पार च्की दवाओं तथा स्टाक रजिस्टर की जांच की गई टीम के अधिकारी राजबीर ने बताया कि यहां से पेस्टीसाइड और खाद क सैंपल जांच के लिये भेजे जायेंगे